प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

प्रदेश में अगले दो दिनों तक कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना राजधानी भोपाल में बादल छाये रहेंगे संबल योजना प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में फुटकर व्यापारियों छोटा मोटा व्यवसाय करने वालों को संबल योजना का लाभ देने के लिए आज सभी नगरीय निकायों में हितग्राही सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा मुख्य कार्यक्रम राजधानी भोपाल के मोतीलाल स्टेडियम में होगा

आयकर नहीं भरने वाले सभी छोटे फूटकर व्यापारी संबल योजना के पात्र हैं सम्मेलन स्थलों पर शेष रह गये हितग्राहियों के पंजीयन की व्यवस्था होगी ताकि उन्हें लाभ मिल सके मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी महापौरों नगर पंचायत अध्यक्षों नगर निगम आयुक्तों मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को हितग्राही सम्मेलन की सभी आवश्यक तैयारियां करने के ॅनिर्देश दिए थे मुख्मंत्री ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिये कि वे संबल योजना के संबंध में विस्तृत प्रगति रिपोर्ट तैयार रखें

ग्वालियर में संबल योजना कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माया सिंह होंगी अध्यक्षता प्रदेश के उच्च शिक्षा एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया करेंगे आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने एक नए उपाय की घोषणा की है जिसके तहत ऐसे हर प्रमाणीकरण के लिए चेहरे की पहचान को अनिवार्य बनाने की व्यवस्था है जिसके लिए आधार जरूरी है आधार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पाण्डेय ने आकाशवाणी को बताया कि नियमित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति की पहचान उंगली की छाप या आंखों की प्रतली की जांच पर आधारित होती है उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत चेहरे की पहचान को इस प्रक्रिया में एक अतिरिक्त उपाय के रूप में जोड़ दिया जाएगा आधार के सत्यापन के समय में हम लोगों की उंगली के निशान दिया करते थे अब हम उंगूलियों के निशान के साथ लोगों का एक लाइव फेस मतलब उनका वीडियो भी हम कैप्चर करेंगे और उस वीडियो और जो उंगलियों के निशान हैं उन दोनों के साथ अब आधार का सत्यापन होगा जन आशीर्वाद यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल जन आशीर्वाद यात्रा के तहत धार जिले के उमरबन में जनसभा को संबोधित किया उन्होंने सिंघाना लोहारी कुक्षी और बाग आदि स्थानों पर भी सभा को संबोधित किया श्री चौहान ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए और कानून बनाए गए हैं पूलिस प्रशासन महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों से सख्ती से पेश आ रहा है दुष्कर्मे के मामलों में जल्दी सजा दिलाए जाने के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं श्री चौहान ने महिलाओं को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और कहा कि उनकी रक्षा का वचन वे उन्हें देते हैं श्री चौहान ने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी अपनी सभाओं में दिया और कांग्रेस पर राज्य में कई वर्षों तक शासन करने के दौरान कोई विकास कार्य नहीं करने के आरोप लगाए स्कूल शिक्षा स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ कुवर विजय शाह ने कल जिला स्तरीय शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय खण्डवा का आकस्मिक े निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी जेएल रघुवंशी को निर्देशित किया कि खण्डवा जिले में समस्त हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी शालाओं में रिक्त पदों के विरूद्व अतिथि शिक्षको की व्यवस्था करें इस संबंध में उन्होंने कहा कि अपनी संस्था में रिक्त पदों के विरूद्व आफ लाईन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन निर्धारित तिथि तक प्रतिपूर्ति कर योग्यताधारी अतिथि शिक्षकों को तत्काल आमंत्रित करे वाजपेयी अस्थियां छिंदवाड़ा जिले की परासिया तहसील में कल दिवंगत नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां पेंच नदी में पूरे विधि विधान से विसर्जित की गयीं इस अवसर पर राज्य के चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री शरद जैन और विधायक चौधरी चंद्रभान सिंह और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे राज्य के ग्वालियर में जन्मे श्री वाजपेयी की अस्थियां अलग अलग स्थानों पर राज्य की विभिन्न नदियों में विसर्जित की गयी हैं मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

इसे आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क से सुबह ग्यारह बजे प्रसारित किया जायेगा

आकाशवाणी से हिन्दी में प्रसारण के बाद इस कार्यक्रम को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जायेगा क्षेत्रीय भाषाओं में रात आठ बजे इसे फिर सुना जा सकेगा

मिल बाँचें मध्यप्रदेश के इस तीसरे आयोजन में सह शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के बहुआयामी विकास पर चर्चा की जायेगी कार्यक्रम में शामिल होने के लिये समाज के सभी तबकों के लगभग ढाई लाख लोगों ने अपना पंजीयन करवाया है इस दौरान सरकारी विद्यालयों के बच्चों में भाषा कौशल उन्नयन पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों को पढ़ने समझने की रुचि विकसित करने का प्रयास किया जायेगा कार्यक्रम में सहभागी होने वाले व्यक्ति सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में जाकर बच्चों को पाठ्य प्रस्तकों के साथ अन्य रुचिकर प्रस्तकें पढ़ने के लिये प्रेरित करेंगे

मुस्लिम धर्मावलंबियों के धार्मिक समागम तब्लीगी इज्तिमा की तैयारियों के सिलसिले में कल उच्च स्तरीय बैठक हुई संभागायुक्त कवींद्र कियावत की अध्यक्षता में हयी बैठक में इज्तिमा के दौरान पेयजल स्वास्थ्य सुरक्षा यातायात एवं पार्किंग अस्थाई शौचालय आदि की व्यवस्था के संबंध में चर्चा की गयी संभाग आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को पहले के वर्षों के आधार पर और बेहतर व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए

रोइंग में भारत के स्वर्ण सिंह दत्तू भोकानल ओम प्रकाश और सुखमीत सिंह की टीम ने क्वाड्रपल स्कल्स का स्वर्ण पदक जीता द्वष्यंत ने लाइट वेट सिंगल्स स्कल्स स्पर्द्धा का और लाइट वेट डबल स्कल्स स्पर्द्धा में रोहित कुमार और भगवान सिंह ने कांस्य पदक हासिल किया

मौसम प्रदेश अगले दो दिन के दौरान पूर्वोत्तर मध्यप्रदेश में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ अधिकतर स्थानों पर हलकी से मध्यम वर्षा की संभावना है प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में हल्की से मध्य वर्षा की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों और आसपास के क्षेत्रों का चक्रवाती के प्रभाव पूर्वी मध्य प्रदेश में भी वर्षा गतिविधियों के बढाने के आसार है अगले दो दिन भोपाल शहर एवं उसके आसपास आसमान में बादल छाये रहेंगे शहर के विभिन्न हिस्सों में हलकी से मध्य वर्षा की संभावना है

घायल लोगों को उपचार के लिये शाहगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है गंभीर रूप से घायल चार लोगों को बेहतर उपचार के लिये सागर के जिला अस्पताल को भेजा गया है

नौगांव अनुविभागीय दंडाधिकारी बीबी गंगेले ने बताया कि त्योहारों की वजह से बड़ी मात्रा में दूषित और नकली मावा बसों के माध्यम से ग्वालियर से छतरपुर पन्ना सतना रीवा आदि शहरों में सप्लाई करने की सूचनाएं मिल रही थी इसे संज्ञान में लेते हुए छापामार टीम गठित की गई जिसमें तहसीलदार पुलिस अमला और खाद्य विभाग के कर्मचारी शामिल थे

उसके खिलाफ आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है